भारत खिलौना मेला केन्द्र सरकार देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी

इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने देश में खिलौना उत्पाद उद्योग को सुदृढ बनाने और बच्चों को एक दूसरे से जोडने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले महीने पहले टॉय केथॉन का आयोजन किया था श्रीमती ईरानी ने कहा कि हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में चार हजार उद्यम देश में मौजूद हैं

इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी एनबीएचएम का उद्देश्य मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है एनबीएचएम का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार संवर्धन के उद्देश्य से मध्यमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना है साथ ही इसका लक्ष्य मध्यमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण है

हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की मंशा को पूर्ण करते जलाभिषेकम के कार्य गाँव गरीब और किसान की बेहतरी में सहायक सिद्ध होंगे

भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम चक्र को देखते हुए बूंद बूंद पानी को रोकना जरूरी है

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा योजनावार कायोँ की समीक्षा की गई छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना आलीराजपुर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बड़वानी जिले में टनल निर्माण बरगी परियोजना की स्लीमनाबाद टनल के कार्य ढ़ीमरखेड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की समीक्षा की गई